प्रधानमंत्री ने कहा यह कानून नागरिकता देने के लिये है किसी की नागरिकता छीनने के लिये नहीं

उन्होंने आज एक ट्वीट में कहा कि यह कानून पड़ोसी देशों में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में है न कि किसी की नागरिकता समाप्त करने के बारे में प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में सदगुरू का एक वीडियो लिंक साझा किया है जिसमें इस कानून के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया गया है श्री मोदी ने कहा है कि यह वीडियो ऐतिहासिक संदर्भ और हमारी भाईचारे की शानदार संस्कृति को दर्शाता है उन्होंने कहा कि इसमें स्वार्थी तत्वों से लोगों को गुमराह नहीं होने की भी बात कही गई है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले दो वर्षो में देश के कार्बन भण्डार में चार करोड़ बीस लाख टन से अधिक का इजाफा हुआ है और भारत पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते पर अग्रसर है लोकरंजन शरद ऋतु की कड़कड़ाती सर्दी में भोपाल सहित प्रदेश के नागरिक नये वर्ष के स्वागत में उसकी पूर्व संध्या को गर्मजोशी के साथ मनाने की तैयारियों में व्यस्त हैं भोपाल शहर के प्रमुख आयोजनों स्थलों में जहां सांस्कृतिक आयोजनों और मेलों की धूम मची हुई है वहीं प्रसिद्व पर्यटन स्थलों पर भी लोग अपने अपने तरिके से सर्दी की छुट्टियां बीता रहे हैं शहर के प्रमुख होटलों और रेस्टोरेंट में भी कई तरह के गीत संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किये जा रहे हैं नये वर्ष की पूर्व संध्या को मनाने के लिये आयोजकों द्वारा युवाओं को कई तरह के ऑफर दिये गये हैं इन आयोजनों में शामिल होने के लिये युवा वर्ग और बच्चों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है नये वर्ष को मनाने के लिये बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है उधर राज्य सरकार ने भी नये वर्ष की पूर्व संध्या को शानदार तरिके से मनाने की तैयारी की है

जिसमें एक फ़लोटिंग स्टेज बनाया जा रहा है और दो वॉटर स्कीन भी लगाई जायेंगी यहां पर लैजर शो नृत्य संगीत के कार्यक्रम होंगे उधर टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी लोग नये साल के स्वागत के लिये तैयार हैं जिले में नये साल का ज्यादातर लोग पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों पर पिकनिक मनाने के लिये जाते हैं

कई जिलों में शीतलहर का असर है

वहीं सागर रीवा शहडोल जबलप्र ग्वालियर चंबल उज्जैन और भोपाल संभाग में शीतलहर रही जबकि कई संभागों में कहीं कहीं तीव्र शीतलहर का असर रहा तो कुछ संभागों में घना कोहरा छाया रहा शीतलहर और कोहरे की वजह से आम जन जीवन और आवागमन प्रभावित हुआ शिवपुरी और हरदा जिले में दो व्यक्तियों की ठंड से मृत्यु हो गई उमरिया अशोकनगर पन्ना और सागर सहित कई जिलों के स्कूलों में आज से दो दिन का अवकाश घोषित किया गया है मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाक की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है

मौसम केन्द्र ने प्रदेश के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं बताई है वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात्रि का तापमान बढ़ने से शीतलहर में कुछ कमी आयेगी परीक्षा लोक शिक्षण संचालनालय ने प्री बोर्ड और प्री बार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है

लोकरंग महोत्सव उमरिया में लोक संस्कृति एवं परंपराओं को समाज की मुख्य धारा में बनाये रखने की दिशा में टकटईगढ़ में लोकरंग महोत्सव का आयोजन किया गया कार्यक्रम के आयोजक बाला सिंह टेकाम ने बताया है कि खत्म होती लोक संस्कृति एवं परंपराओं को समाज की मुख्य धारा में बनाये रखने के उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित किया गया इस आयोजन में प्रस्तुत किये गये बंजारा भुइयां बैगा और गोंड़ समाज के नृत्य से लोग अभिभूत हुए इस आयोजन में लोगों ने एक दूसरे की लोक संस्कृ ति को जाना समझा